इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राज्य के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना और हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना सहित पांगी में टेलीमेडिसन सेवा का शुभारंभ भी किया इस मौके उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में विभिन्न संस्थान तो खोल दिए मगर वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं जुटाई मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में अटल चिकित्सा और अनुसंधान विश्वविद्यालय खोलने व अनुबंध आधार पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों के वेतन में बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने इस बीच मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के राज्य स्तरीय सम्मेलन को भी संबोधित किया

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को मज़बूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से करीब सौ करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं

पंचायतीराज मंत्री ने इस अवसर पर जनसमस्याएं भी सुनीं मारकंडा कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने आज किन्नौर जिले के जंगी खारी गोम्पा में करीब तीन करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुस्तकालय का शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ये प्रस्तकालय एक वर्ष के भीतर बन कर तैयार हो जाएगा उन्होंने कहा कि जंगी में पर्यटन की अपार संभावना है और पर्यटन के विकास से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे इस अवसर पर मारकंडेय ने आगामी वित्त वर्ष के बजट के लिए लोगों के सुझाव भी लिए शांता कुमार सांसद शांता कृमार ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्त्ताओं को अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आज पार्टी कार्यकर्त्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की वजह से देश भर में भाजपा की लहर चल रही है

उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्त्ताओं से और अधिक प्रयास करने का आहवान किया

इस अवसर पर दशहरा उत्सव की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये उत्सव हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करने का आहवान किया राज्यपाल ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की नसीहत भी दी उन्होंने दशहरा उत्सव समिति की ओर से कुल्लू जिला से शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया इस बीच दशहरा उत्सव के दौरान ग्रामीण खेल उत्सव और उत्तर क्षेत्रीय वालीबॉल प्रतियोगिता का पुलिस विभाग के मध्य रेंज के डीआईजी कपिल शर्मा ने आज शुभारंभ किया खेल उत्सव में वालीबॉल के अलावा कबड्डी और महिलाओं की रस्सा कस्सी प्रतियोगिता करवाई जा रही है कपिल शर्मा ने कहा कि खेलों के आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध करवाना है ताकि गांव का युवा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हुनर दिखा सके

वीरेन्द्र कश्यप ने जामन की सेर मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की विधायक सुरेश कश्यप और मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव मंडारी भी इस दौरान उपस्थित थे राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री का लाल बहादुर शास्त्री मैडिकल कॉलेज में अस्पताल व ओपीडी सहित ट्रॉमा सैंटर और नर्सिंग कॉलेज का शुभारंभ करने के लिए आभार जताया उन्होंने कहा कि मंडी को मैडिकल विश्वविद्यालय मिलना एक बड़ी बात है और नर्सिंग कॉलेज व ट्रामा सैंटर मिलने से गंभीर रूप से घायल लोगें का इलाज संभव हो पाएगा उन्होंने हिमाचल को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी आभार जताया आभार उधर भरमौर के विधायक जिया लाल कपूर ने पांगी घाटी के लिए टेलीमेडिसन सुविधा शुरू करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है उन्होंने कहा कि इस सुविधा से जनजातीय इलाकों के लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी

सैजल सोलन में आज विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने की इस दौरान उचित मूल्य की दुकानों में इंटरनेट की धीमी गति के चलते लोगों को आ रही समस्या पर विशेष रूप से चर्चा की गई